इनमें मौत की सजा भी शामिल है

प्रधानमंत्री साक्षात्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि असम में जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में नही है उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जायेंगें समाचार एजेंसी एएनआई के साथ भेंट में उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस रजिस्टर में हर भारतीय नागरिक का नाम दर्ज किया जायेगा और जिनके नाम शामिल नही है उनकी चिंताओं का समाधान किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान एक करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित हुए है उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश हैं महिलाओं के प्रति अपराध और भीड़ की हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी इसके सख्त खिलाफ है प्रधानमंत्री ने जाति आधारित आरक्षण समाप्त किये जाने की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा और इस बारे में किसी को कोई संदेह नही होना चाहिये आरक्षण रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेल सुरक्षा बल में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा आज बिहार के पटना में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आरपीएफ में लगभग दस हजार नौकरियां सुजित की जायेगी श्री गोयल ने कहा कि पारदर्शिता बनाये रखने के लिये पूरी भर्ती प्रकिया का कप्यूटरीकरण होगा रेल मंत्री ने कहा कि छह हजार रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण रेलगाडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे युवा दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यह दिन युवाओं के समक्ष चुनौतियों और समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिये हरवर्ष मनाया जाता है इस वर्ष का विषय सेफ स्पेस फॉर युथ है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता रोजगार की चुनौतियों और सामाजिक गतिविधियो में भागीदारी के अभाव के कारण युवा दिन प्रतिदिन सभ्य समाज से अलग होते जा रहे है पौधारोपण वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने आज भोपाल स्थित इकॉलोजिकल पार्क परिसर में पौधा लगाकर दंपत्ति वन महोत्सव का श्भारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधारोपण आवश्यक होने के साथ ही लगाये गये पौधों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाना चाहिये उन्होंने बताया कि इस वर्ष वन विभाग और वन विकास निगम ने सात करोड़ पौधा रोपण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है

इकॉलोजिकल पार्क परिसर में दम्पत्ति वन महोत्सव के तहत आज लगभग चार सौ पौधे लगाये गये परिसर में मनोरंजन सह व्यायाम केन्द्र बनाया गया है वहीं यहां आरोग्यम केन्द्र स्थापित किये जाने से लोगों को आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाई जाती है

शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोक अदालत में बिजली संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा ये प्रकरण मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज किये गये हो संबल योजना के तहत पंजीकृत सभी असंगठित मजदूरों और श्रम विभाग में भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत मजदूरों को बिल माफी का लाभ दिया जायेगा

जिले के म्याना में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य की जनता के कल्याण और विकास के लिये कार्य करते रहेंगे श्री चौहान ने कहा कि हमने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है और अब इसे समृद्वशाली राज्य बनाया जायेगा ताकि हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता पूरी हो सकें उन्होंने कहा कि चार अगस्त को मुद्रा बैंक योजना के तहत दो लाख चौसठ हजार युवाओं को रोजगार दिया गया

आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा की आलोचना करते हुए आज कहा कि इसके जरिये सरकारी धन और संसाधनों को दुरूयोग किया जा रहा है भोपाल में पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बिल माफ करने की घोषणा पर कहा कि यह चुनावी लाभ के लिये किया जा रहा है ड्रेस रिहर्सल स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल कल भोपाल के मोती लाल नेहरू स्टेडियम में होगी

इस दिन वे राज्य के नाम अपने संदेश का वाचन भी करेंगे

इसमें मध्यप्रदेश की अलग अलग सशस्त्र और निशस्त्र बल के अलावा नागालैंड और छत्तीसगढ़ का प्लाटून मी शामिल होगा मतदाता जगरूकता खंडवा जिले में मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपेट मशीन के संचालन संबंधी जानकारी से अवगत कराया जा रहा हैं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले के निर्देशानुसार स्वीप कार्यकम के तहत जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को अपने मतााधिकार के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है मौसम प्रदेश में एक बार फिर मानसून के कमजोर पड़ने की वजह से फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है

राजधानी भोपाल में आसमान में बादल छाये रहेंगे शहर के आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में एक दो दिन बाद वर्षा की गतिवधियों में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है

सबसे अधिक बारिश पचमढ़ी में हुई वहीं सतना उमरिया दमोह धार नरसिंहपुर सीधी जबलपुर खजुराहो सागर बैतूल और मंडला में हल्की बारिश हुई

इस योजना में प्राथमिक साख समितियों के डिफाल्टर किसान सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों का निपटारा किया जाता है

इस व्यवस्था से मरीजों को अपना ओपीडी और आईपीडी पंजीयन ऑनलाइन कराने की सुविधा मिलेगी साथ ही बीमारी संबंधी पूरा रिकार्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा

इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए